केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने अधिकारियों को परियोजना की नियमित निगरानी के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं से चौपाल क्षेत्र के लोगों को भरपूर लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सेब सीजन के लिए परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था की है और फल उत्पादकों को सेब की पैकिंग और इसे विभिन्न मंडियों तक पहुंचाने के लिए कार्टन बॉक्स व ट्रे उपलब्ध करवाए गए हैं

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन पहले की तरह जारी रहेगा सरकार ने अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रखने का निर्णय लिया है दूसरे राज्यों में टैक्सी सेवा जारी रहेगी लेकिन इसके लिए पंजीकरण करवाना होगा सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय लिया है लेकिन इसके लिए भाषा कला व संस्कृति विभाग एसओपी जारी करेगा

अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने अधिकारियों को विकास परियोजनाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए है नई दिल्ली से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऊना जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जिले में चली रही विकास योजनाओं का जायजा लिया अनुराग ठाकुर ने सभी बड़ी परियोजनाओं की निगरानी व समीक्षा के लिए जिला स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए उन्होंने अधिकारियों से ऊना में कोरोना महामारी की स्थिति के बारे में भी जानकारी हासिल की इस बीच अनुराग ठाक्र ने हमीरपुर ज़िला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की और अधिकारियों को सभी विकास योजनाएं समय पर पूरा करने के निर्देश दिए केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न रोगों के उपचार में लक्ष्य तय कर कार्य करने को कहा उन्होंने टीबी उन्मूलन में देशभर में दूसरा स्थान हासिल करने पर हमीरपुर ज़िले को बधाई दी

शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि वे पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार व संगठन के बीच तालमेल से भाजपा को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे सुरेश कश्यप ने कहा कि कोरोना काल में केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुददे पर राजनीति कर रही है

सुरेश कश्यप का कहना था कि प्रदेश भाजपा में कोई ग्टबाजी नहीं है और पार्टी हाईकमान के निर्देश पर ही निर्णय लिए जाते हैं

सोलन में पत्रकारों से बातचीत में सुरेश कश्यप ने कहा कि पार्टी द्वारा दी गई नई जिम्मेदारी को वे बखूबी पूरा करेंगे इस अवसर पर नवनियुक्त मंत्री सुखराम चौधरी भी उनके साथ थे कुलदीप राठौर इधर प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने राज्य में बढ़ रहे कोरोना मामलों पर चिंता जताई है पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य सचिवालय भी कोरोना से अछता नहीं है और सचिवालय के कर्मचारियों को कोरोना से बचने के लिए आंदोलन करना पड रहा है उन्होंने कहा कि पार्टी सचिवालय कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करती है और राज्य सरकार को इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर सामाजिक दुरी के नियमों के उल्लघंन का आरोप भी लगाया कोरोना अपडेट हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अढ़ाई हजार से पार पहंच गई है

सुक्ख कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व विधायक सुक्खविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि कोरोना संकट में राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार से राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा उन्होंने कहा कि बेहतर होता यदि सरकार नए मंत्रियों पर खर्च होने वाली राशि कोविड योद्वाओं पर प्रोत्साहन राशि के रूप में खर्च करती उन्होंने सरकार को राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डालने की वजाए कोरोना महामारी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी है दुर्घटना किन्नौर जिले के लिप्पा सम्पर्क मार्ग पर चरका मोड़ में बीती रात एक छोटी गाड़ी के खाई में गिरने से उसमें सवार चार युवकों की मौत हो गई तीन युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि एक युवक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड दिया ये चारों युवक लिप्पा गांव के रहने वाले थे प्रशासन की ओर से मुतकों के परिजनों को फौरी राहत दी गई है स्थानीय विधायक जगत सिंह नेगी व पूर्व विधायक तेजवंत नेगी ने घटनास्थल पर जाकर परिजनों को सांत्वना दी दृष्टिहीन संघ राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने प्रदेश के स्कूलों में पार्ट टाईम मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती में दिव्यांगों को आरक्षण देने की सरकार से मांग की हैं

क्लदीप ठाक्र ने सरकार से विभिन्न विभागों में दृष्टिहीनों के बैकलॉग को भी तुरंत भरने का आग्रह किया है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि सरल व सस्ते शिक्षा ऋण के लिए विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना तैयार की जाएगी शिमला में आज मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक की अध्यक्षता करते हए उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को सरल व सस्ता ऋण दिया जाएगा

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस अवसर पर बधाई दी है राज्यपाल ने सभी लोगों की ख्शहाली व शांति की कामना की है मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद उल जुहा सर्वोच्च बलिदान की भावना का प्रतीक है उन्होंने लोगों से त्यौहार मनाते समय सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने व मास्क पहनने का आग्रह किया है

उन्होंने कहा कि दुकानों को खोलने या बंद करने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है